मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा नागरिकता संशोधन कानून के बारे में अफवाह फैला रही हैं विपक्षी पार्टियां

आज से स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को देंगे पोलियोरोधी दवा की खुराक कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध धानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे यह कार्यक्रम दिन में ग्यारह बजे नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम में दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे श्री मोदी छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देंगे और परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के बारे में उनसे बातचीत करेंगे विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक इस कार्यक्रम की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं पिछले वर्ष जनवरी में परीक्षा पे चर्चा के दूसरे संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से समय नष्ट न करने तथा इसका सदुपयोग करने को कहा था क्योंकि समय अनमोल है टाइम मैनेजमेंट यह हमारे अपने हाथ की बात होती है हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए कोई बड़े एमबीए बहत बड़ी आक्सफोर्ड की किताब पढ़ना कोई जरूरी नहीं है

लेकिन बिल्कुल उनका टाइम मैनेजमेंट उनका परफैक्ट होगा वो तीन चार बजे तक जितने परिवार में सेवा करती हैं या करता है वो बिल्कुल परफैक्ट टाइम मैनेजमेंट से करते हैं कि नहीं करते हैं हमने आर्वजब नहीं किया उसको यानी जिसने स्कूल देखे नहीं हैं क्लास देखा नहीं है लेकिन उसको भी समझ है

उनको समय का कोई दवाब नहीं होता है सब परफैक्ट चलता है टाइम इज मनी टाइम इज मनी हम सुनते आए हैं लेकिन उसी को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का हमारा स्वभाव है हम तय करें कुछ रह जाए तो रह जाए समय बर्बाद नहीं होने दूंगा हमारे संवाददाता ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ विद्यार्थियों से बातचीत की मेरा नाम आयुष गंगवार है मैं दयावति मोदी अकादमी रामपुर का छात्र हूं मैं माननीय प्रघानमंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि सर हमारे एजुकेशन सिस्टम में थ्योरिटिकल एजुकेशन में ज्यादा फोकस रहता है वेदरदैन प्रैक्टिकल एजुकेशन और बिहेव्यर एजुकेशन पर ज्यादा फ्रोक्स नहीं दिया जाता है जिसकी वजह से उनको आगे जाकर कॉलेज और जॉब में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मेरा नाम हिमांशु वर्मा है मैं हाथरस से हूं

जैसे हम टेंथ में हैं ट्रवेल्थ में यही प्रसेंटेज हमारी सबसे ज्यादा मैन होती है उस प्रेशर से हमें कैसे डील करनी चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में दुष्प्रचार करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रही हैं उन्होंने कहा कि ऐसे में हर जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संशोधित नागरिकता कानून के वास्तविक तथ्यों से लोगों को अवगत कराए श्री योगी कल गोरखपुर में नागरिकता संशोधन कानून के प्रति समर्थन जुटाने के लिए भाजपा की रैली को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छीनता उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है

मुख्यमंत्री श्री योगी ने पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताडित अल्पसंख्यकों के कष्टों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास उन्नीस सौ पचास के दशक में नागरिकता कानून बनाने के समय पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का विकल्प था लेकिन उसने जान बुझकर ऐसा नहीं किया श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से कांग्रेस की इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा है रैली को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी संबोधित किया उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को भारतीयता सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभिव्यक्ति बताया रैली में कैबिनेट मंत्री सुर्य प्रताप शाही और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर कल देश भर में पांच वर्ष तक की आयु के करोड़ों बच्चों को पोलियोरोधी दवा की खुराक पिलायी गयी प्रदेश के सभी जिलों में भी पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत बच्चों को पोलियोरोधी दवा दी गयी आज से स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियोराधी दवा पिलायेंगे मऊ में जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने डोमनपुरा में बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारम्भ किया बलिया में जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर प्रीतम मिश्र ने जिला महिला चिकित्सालय प्रांगण में पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ किया क्शीनगर में पांच साल तक की उम्र के लगभग तीन लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलायी गयी केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अगले पांच साल के दौरान केन्द्र सरकार एक सौ लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी उन्होंने चेन्नई में कल शाम नानी पालकीवाला शताब्दी व्याख्यान में कहा कि भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना महज एक कल्पना नहीं है उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार समी पक्षों के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगी उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तबके के दबाव में आए बगैर अपना काम मजबूती से करेगी वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार केवल आर्थिक वृद्वि पर नहीं बल्कि समग्र विकास पर विश्वास करती है श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश में डिजिटल लेन देन की वृद्वि से पूरी दुनिया को प्रेरणा मिली है उन्होंने कहा कि जब भी वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत करते है तो वे यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की सफलता के बारे में पूछते हैं

पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरूण ने शहीद की अन्त्येष्टि में पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को ढाढस बंधाया पिछले ग्रूवार को कश्मीर की मशकोह वैली में हिमस्खलन के दौरान हवलदार धर्मेन्द सिंह शहीद हो गये थे

श्री भागवत कल बरेली के रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में भविष्य का भारत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरएसएस संविधान से अलग सत्ता का केन्द्र नहीं बनना चाहता जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं श्री भागवत ने कहा कि देश संविधान की व्यवस्था से चलता है और उनका संगठन संविधान से अलग कोई शक्ति केन्द्र नहीं है प्रदेश के श्रम सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में तीन लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया श्री मौर्य इटावा में आयोजित वहद रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद उन्हें संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार देने में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है श्री मौर्य ने कहा कि अब हर प्रकार की विभागीय भर्तियां आयोगों के माध्यम से की जा रही हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतत्व में देश सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है